इनमें से पहला दल जोधपुर तथा जैसलमेर दूसरा दल श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जबकि तीसरा दल जालौर तथा बाड़मेर जिलों में जाकर प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेंगे ये दल संबंधित जिलों के कलेक्टरों तथा जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे

जो पिछले छह दशकों में सर्वाधिक है राज्य सरकार किसानों की आय में बढोतरी के लिए कृषि से जुड़े उद्योगों की स्थापना पर ऋण और अनुदान देगी

इसके लिए काश्तकारों को भू रूपांतरण भी नहीं करवाना पड़ेगा किसान कृषि प्रसंस्करण उद्योग वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर सकते हैं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने परिवहन विभाग में दलालों के जरिये वाहन मालिकों को डरा धमका कर मासिक बंधी वसूलने के मामले में विभाग के आठ अधिकारियों सहित सात दलालों के खिलाफ ब्यूरो मुख्यालय में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सतत विकास में दृढ विश्वास रखते हुए पर्यावरण में नुकसान पहुंचाए बिना विकास को सुनिश्चित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत कृछ उन देशों में से एक है जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे है

उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण सतत जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवाय् परिवर्तन की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

वहीं श्री मोदी ने कहा कि भारत मे बाघों की संख्या दो हजार से अधिक हो गई है जो लक्ष्य से दो साल पहले दो गुनी हो गई

केबीनेट की मंजूरी लेने से पहले जल्दी ही इसे प्रतिक्रिया के लिए प्रमुख मंत्रालयों को भेजा जायेगा

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मौत की सजा प्राप्त दोषियों मुकेश सिंह पवन गुप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार के खिलाफ मौत का आदेश जारी किया

पुनर्गठन से प्रभावित पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है वार्ड पंच सरपंच पंचायत समिति सदस्य प्रधान तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने की प्रकिया को इस मामले में चुनौती दी गई थी

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है राज्य में दिन के तापमान में लगातार बढोतरी से सर्दी का असर लगभग समाप्त हो गया है मौसम विभाग के अनुसार कल बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा